राज्य के भरतपुर जोघपुर और जयपुर जिले हॉटस्पॉट बने हुए हैं

हालांकि इस बीमारी से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ रही हैं

केन्द्रीय दलों की तैनाती राजस्थान सहित महाराष्ट्र तेलंगाना तमिलनाडु असम हरियाणा गुजरात कर्नाटक उत्तराखंड मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल दिल्ली बिहार उत्तर प्रदेश और ओडिसा में की गई है तीन सदस्यीय दल में दो स्वास्थ्य विशेषज्ञ और एक वरिष्ठ संयुक्त सचिव स्तर के नोडल अधिकारी शामिल हैं केन्द्रीय टीम के साथ समन्वय के लिए कई जिलों और नगर पालिकाओं ने जिला स्तर पर भी टीम का गठन किया है

कल अपने आवास पर उच्चाधिकारी के साथ एक बैठक में मुख्यमंत्री ने अंतर्राज्यीय आवागमन पर नियंत्रण के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि रेल सड़क और हवाई मार्ग से राज्य के बाहर से आने जोन वाले लोगों की स्क्रिनिंग सुनिश्चित की जाये और होम क्वारेन्टीन नियम की सख्ती से पालना करवाई जाये गौरतलब है कि सरकार ने कल एक आदेश जारी कर राज्य की अंतर्राज्यीय सीमाओं पर आवागमन मे सख्ती कर दी थी

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कल जयपुर में आयोजित बैठक में जलभराव और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एनडीएमए की गाइड लाइन के अनुसार उचित प्रबन्धन करने के निर्देश दिए है उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस साल कोरोना की वजह से यह विशेष चुनौतीपूर्ण काम हो गया है श्रीमती गुप्ता ने सभी विभागों को मानसून से पहले मॉक ड्रिल कर तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए ताकि ग्राउंड स्तर की मशीनरी पूरी तरह सक्रिय हो जाए

कृषि विभाग और टिड्डी चेतावनी संगठन के अधिकारियों ने बताया कि अभी आ रहे टिड्डी दलों में अधिकांश टिड्डियां युवा है जिस कारण ये ऊंचाई पर उडने के साथ पेडो पर बैठती है जमीन से पेस्टीसाइड छिडकाव करने पर ये काबू में नहीं आ रही थी

सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार ने बताया कि जैसलमेर की पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज और बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में टिड्डियों के घुसने की स्थिति में सेना के साथ समन्वय बनाकर टिड़डी दलों को नष्ट करवाया जायेगा

नई किस्म में कीडे लगने की संभावना भी कम है

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने देश के सभी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय एनएलयू और विधि शिक्षा के संस्थानों को इस बारे में गाईड लाईन जारी की है गाईड लाईन के अनुसार अंतिम वर्ष के समस्त विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षा ले सकते हैं अगर विद्यार्थियों को ऑनलाइन परीक्षा से दिक्कत होती है तो विश्वविद्यालय इसके लिए अन्य विकल्प ढूंढ सकेगा अंतिम वर्ष के अलावा शेष बचे इंटरमीडिएट सेमेस्टर छात्रों को प्रमोट करना होगा

ये कटौती आज से लागू होगी इस कदम से ऋण लेने वाले उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा

होमगार्ड्स के महानिदेशक राजीव दासोत ने बताया कि राज्य सरकार ने पिछले दिनों इस भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की थी लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे आगामी सूचना तक स्थगित कर दिया गया था उन्होंने बताया कि भर्ती के बारे में पूरा विवरण विभाग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है